इससे नियुक्तियों और वेतन को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर विराम लगेगा स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज विधानसभा में विधायक कर्नल इंद्र सिंह के प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कालेज में कर्मचारियों को समय पर वेतन न दिए जाने और ईपीएफ जमा न किए जाने के मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक इंद्र सिंह गांधी राकेश सिंघा और पवन नैय्यर ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज और चंबा मेडिकल कालेज में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को लेकर प्रतिपूरक सवाल पूछे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए आउटसोर्स आधार पर कई विभागों में कर्मचारी रखे हैं

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय मापदंडों पर रखा गया है और निर्धारित वेतन दिया जा रहा है सैजल ने कहा कि आउटसोर्स कंपनियों द्वारा जो कर्मचारी रखे गए हैं वे योग्यता और उपलब्धता के आधार पर रखे हैं और कंपनियां ही कर्मचारियों का चयन करती हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आउटसोर्स में एससी एसटी रोस्टर लागू नहीं होता उन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कालेज में कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने और ईपीएफ जमा न करने के मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी

यह बात उन्होंने विधायक आशीष बुटेल की गैर मौजूदगी में विधायक आशा कुमारी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही

विपक्षी दल कांग्रेस और माकपा ने इस कानून का जबरदस्त विरोध किया और दोनों ही दलों के विधायकों ने इस बिल को पारित करने के विरोध में सदन से वाकआउट किया

अंतिम संस्कार सांसद रामस्वरूप शर्मा का आज उनके पैतृक गांव जलपेहड़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया इनका कल दिल्ली में निधन हो गया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के साथ गहरी संवेदनाएं जताई और दिवंगत सांसद को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की जयराम ठाकुर ने दिवंगत रामस्वरूप शर्मा की असामयिक मृत्यु को मण्डी संसदीय क्षेत्र सहित प्रदेश व भाजपा के लिए अपूर्णीय क्षति बताया उन्होंने कहा कि रामस्वरूप शर्मा के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा रामस्वरूप शर्मा के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मंत्रिमण्डल के सदस्य महेन्द्र सिंह ठाकुर सरवीण चौधरी राजेन्द्र गर्ग सांसद सुरेश कश्यप व किशन कपूर विधायक गण और अन्य भाजपा नेता शामिल हुए इसके अलावा पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर व कौल सिंह ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी रामस्वरूप शर्मा को श्रद्वासुमन अर्पित किए